कहा सभी नागरिकों को शीघ्र सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अवश्य होनी चाहिए उपलब्ध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाए जारी रखने के लिए प्रतिबद्वता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलिवरी तंत्र का जायजा लिया श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नमूनों की जांच टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाए न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्वता दोहराई उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आहवान किया

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वे नियमित रूप से हाथ धोने का संकल्प लें उन्होंने कहा कि स्वच्छता की आदतें अपना कर हम सभी एक स्वस्थ और आरोग्य जीवन जी सकते हैं हाथ धोना हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम विमिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं स्वच्छता और हाथ धोने के आदत कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है इस अवसर पर उन्होंने हैश टैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारम्म किया राज्य के सूचना विभाग ने लोगों से कल ग्लोबल हैंड वाशिंग डे के मौके पर हैश टैग हाथ धोना धो के करो ना का इस्तेमाल करने की अपील की है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि वो दस दस के समूह में वीडियो और तस्वीरें लेकर पोस्ट करें और इस मौके को जन आन्दोलन के रूप में तब्दील कर दें प्रदेश के अमरोहा बिजनौर हमीरपुर गोरखपुर सहित विमिन्न जनपदों में भी ग्लोबल हैंड वाशिंग डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पचास दलों को कल रवाना किया श्री जावडेकर ने कहा कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है

जगह जगह जाएगी जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी जहां ध्रल उड़ रही है वो मी नोट करेगी जो समीर एप पर कर्लेट्स आते हैं वो भी नोट करेगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे कंट्रक्सन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपका अविकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन उन एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कल से चरणबद्व उपाय कार्रवाई योजना लागू हो गई है दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोड़कर विद्यत जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है बिजली कंपनी को आदेश दिया गया है कि वे उपमोक्ताओं को बिजली की निर्बाघ आपूर्ति करे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समी सरकारी विमागों को आगामी दीपावली से पूर्व बजट की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विमागों द्वारा वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए यह कार्रवाई समयबद्व की जाये उन्होंने वित्त विभाग को इस संबंध में आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए संकल्पित है और इसको देखते हए राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं मृख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप रहने और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत की उन्नति के लिए जरूरी है कि इसको आध्निकता से जोड़ा जाये उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों का पादकम शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने वाला होना चाहिए उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में पारम्परिक पठन पाठन के साथ कम्प्यूटर विज्ञान और गणित की शिक्षा देना आवश्यक है प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है कल अमरोहा जनपद की नौगावां सादात विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और अन्तर्राष्ट्रीय किकेटर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमरेश सिंह सहित सात उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया इस सीट के लिए अब तक ग्यारह नामांकन दाखिल हो चुके हैं कानपुर नगर जनपद की घाटमपुर विधानसमा सीट के लिए आज भाजपा के उपेन्द्र पासवान और समाजवादी पार्टी के इन्द्रजीत कोरी ने अपने पर्चे दाखिल किये कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाशंकर शंखवार और बसपा के कुलदीप शंखवार पहले ही अपना नामांकन करा चुके हैं

हाल में उनके निधन से यह सीट रिक्त हुई है

मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ कानपुर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये

स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है इस समय देश में संक्रमण के केवल ग्यारह दशमलव एक दो प्रतिशत मामले हैं कुल आठ लाख बारह हजार लोग संक्रमित हैं